श्री मोदी ने ग्यारह से चौदह अप्रैल तक टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का किया आहवान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

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में शाम सात बजे के बाद सभी दुकानें तीस अप्रैल तक बंद रहेगी श्री कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान अब अठारह अप्रैल तक बंद रहेंगे

उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अब तैंतीस प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति होंगी श्री कुमार ने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में ग्यारह से चौदह अप्रैल के बीच विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा

अगले तीन से चार दिनों में स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर से समीक्षा किया जायेगा इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य से बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने का अनुरोध किया है श्री मोदी ने इस महीने की ग्यारह से चौदह तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आहवान किया है ग्यारह अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और चौदह अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है

एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें जीरो वेस्टेज तय करें हम इन चार दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढा देगा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ राज्यों में लोग पिछली बार की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त लग रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उभर रही है उन्होंने राज्यों से संक्रमण जांच संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया बाईट पीएम कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल है जिस कंटेनमेंट जोन तय करे उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए आप देखिए आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा साथियों जहां तक ट्रेकिंग का प्रश्न है प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टेक्ट को ट्रैक करना टेस्ट करना और कंटेन करना इन पर बहुत तेजी की जरूरत है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमित रोगियों के संपर्कों का सख्ती से पता लगाया जाए और सब लोग स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी मानक प्रक्रियाओं का पालन करें उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के साथ ही हमारे परिश्रमी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और अब भी इसमें जुटे हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है

इंडीविज्यूल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है जागरूकता के इस अभियान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों सामाजिक संगठनों सेलिब्रिटी ओपिनियन मेकर अपने साथ जोड़ना होगा इस बैठक में श्री मोदी ने टीकाकरण अभियान की भी चर्चा की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें तय करेंगे कि उन्हें कहां कंटेनमेंट जोन बनाना है कई राज्यों की ओर से केन्द्र सरकार पर वैक्सीन नहीं भेजे जाने के आरोप का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन कम होने की जानकारी सही नहीं है सभी राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन दी जा रही है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आज से उन्नीस अप्रैल तक लॉकडाउन लगाये जाने की खबर को गलत बताया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की ओर से जारी एक ट्वीट में इस खबर का खंड करते हुए कहा कि लॉकडाउन के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं हुई है पीआईबी ने ऐसी भ्रामक संदेशों को साझा नहीं करने की अपील की है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो हजार एक सौ चौहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है पटना से सबसे अधिक छह सौ इकसठ नये मामले सामने आये हैं गया से एक सौ इक्यानवे भागलपुर से एक सौ तिरेसठ और मुजफ्फरपुर से एक सौ छह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इधर पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में पुलिस हिरासत में एक कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया है आज पटना के एनएमसीएच में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गयी स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत है वर्तमान में नौ हजार तीन सौ संतानव मरीजों का इलाज चल रहा है

पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि स्टेशन और रेल कार्यालय के साथ रेल परिसर में कोई भी बिना मास्क के मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी जांच के लिए रेल प्रशासन के साथ रेल पुलिस को जिम्मेदारी दी गयी है महाराष्ट्र से आने वाली विशेष ट्रेनों में कोरोना से सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गयी है उन्होंने कहा कि हर स्टेशन पर सीसीटीवी के जरिये यात्रियों पर निगरानी रखी जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों के मामलों में पद से हटाये गये मुखिया और उपमुखिया के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है इसमें कहा गया है कि प्रमंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा हटाये गये ये जनप्रतिनिधि यदि चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा अपीलीय प्राधिकार या सक्षम न्यायालय द्वारा पद से हटाये जाने के आदेश को रद्द किये जाने की स्थिति में दिशा निर्देश प्रभावी नहीं होंगे काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है राज्य के अधिकांश हिस्सों में कई स्थानों पर आज सुबह से ही आसमान में बादल छाये रहे वहीं सुपौल पूर्णिया कटिहार किशनगंज और मधुबनी में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गयी पूर्णिया के धमदाहा में इस दौरान ओलावृष्टि की भी खबर है मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल ने कहा कि अगले दो दिनों तक चक्रवाती प्रभाव के कारण मौसम ऐसा ही बना रहेगा सप्ताह के अंत में लू चलने की संभावना है

राज्य आयुक्त निशक्ता शिवाजी कुमार ने बताया कि पथ परिवहन निगम ने दिव्यांगजनों को पचास किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर किराये में पचास फीसदी की छूट देने का फैसला किया है राजद अध्यक्ष और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत एक बार फिर टल गयी है रांची हाईकोर्ट में आज दुमका कोषागार मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सीबीआई को जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया है वहीं इस मामले की अगली सुनवाई सोलह अप्रैल निर्धारित की गयी है

आज पहले मैच में मौजूदा चोंपियन मुम्बई इंडियन्स का सामना रॉयल चौलेंजर्स बेंगलौर से हो रहा है आईपीएल के इस संस्करण के मैच मुंबई चौन्नई बंगलुरू अहमदाबाद नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे अमरी ए शरीयस वली रहमानी के अंतेकाल के बाद खानकाह मुंगेर शरीफ के नए सज्जादानशीं हजरत मौलाना सय्यद अहमद वली फैसल रहमानी बने हैं नालंदा जिले के हरनौत में पिछले दिनों बैंक लूट कांड के मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत सवार चौक पर पुलिस ने दो लोगों की हत्या के मामले में एक चौकीदार समेत पांच अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है अररिया की एक सत्र अदालत ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आर्म्स एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को सात साल की सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनायी है वहीं जिले के जोगबनी सीमा से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवा और शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया प्रखंड के ग्राम पंचायत परसौनी के वार्ड नम्बर ग्यारह के वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंध समिति के अध्यक्ष परवेज खान और उनके सचिव के विरूद्व मुख्यमंत्री हर घर नल जल निश्चय योजना के अंतर्गत कार्य में लापरवाही के कारण प्राथमिकी दर्ज की गयी है रोहतास में अवैध बालू खनन और ओवर लोडिग के विरूद्ध चलाये गये अभियान में एक सौ पचपन वाहन जब्त किये गये हैं जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार के निर्देश पर इन वाहनों से बारह लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया है और साथ ही दस लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है

श्री मोदी ने ग्यारह से चौदह अप्रैल तक टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का किया आहवान